कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सूरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें और अब समाचार विस्तार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि टेक्नॉलोजी का उपयोग करते हुए प्रदेश को वर्ष दो हजार पच्चीस से पहले टीबी मूक्त बनायेंगे और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दश को टीबीमूक्त करने के सपने को साकार करने में सफल होंगे

उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि टीबी के चिन्हित प्रत्येक मरीज को किट उपलब्ध करवाने के साथ प्रति माह पांच सौ रूपये भी दिये जायेंगे जिससे मरीज पौष्टिक आहार ले सके उन्होंने कहा कि क्षय रोग से पीड़ित किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि वर्ष दो हजार बीस की तुलना में वर्ष दो हजार इक्कीस में टीबी मरीजों की संख्या कम हुई है समयबद्ध तरीके से उपचार की व्यवस्था इस बीमारी से मुक्त करा सकती है गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दो हजार तीस तक दुनिया को इस बीमारी से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा है लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का देश को वर्ष दो हजार पच्चीस तक इस बीमारी से मुक्त कराने का सपना है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि बच्चे देश के भविष्य हैं और इन्हें क्पोषण तथा क्षय रोग से मुक्त कराना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है उन्होंने देश निर्माण के लिए बच्चों में अच्छे संस्कार डालने का लोगों से आहवान किया उन्होंने संभ्रांत लोगों स्वयंसेवी संस्थाओं तथा अधिकारियों से आहवान किया कि वे अभियान चलाकर क्षय रोग और कुपोषण से ग्रसित बच्चों को गोद लेकर उनकी देखभाल करें

उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों की मैपिंग कराई जाये जिसमें सभी प्रकार की आवश्यक सूचनाएं दर्ज हों उन्होंने इस अवसर पर आंगनबाड़ी केन्द्रों के मैपिंग से संबंधित एक साफटवेयर भी लांच किया आज विश्व क्षयरोग निवारण दिवस है

लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवसिटी अस्पताल के चिकित्सक और उत्तर प्रदेश क्षयरोग उन्मूलन कार्यबल के अध्यक्ष डॉक्टर सूर्यकांत ने कहा है कि उत्तर प्रदेश ने क्षयरोग की रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है बाइट ये प्रधानमंत्री जी का सपना टीबी मुक्त भारत का कैसे हो अपना ये हम सबको सोचना है टीबी आप जानते है एक संक्रामक रोग है यानि इन्फेक्शस्स डिसीज है और जब टीबी से ग्रसित कोई व्यक्ति खांसता है तो उसके खांसने से छींकने से ये टीबी दूसरों को फैलती है और अगर इसके हम लक्ष्णों की बात करें तो सबसे प्रमुख लक्ष्ण है बुखार आना जो शाम को तेज हो जाता है रात को पसीना आना भूख कम लगना खांसी आना खांसी में कभी कभी खून आ जाना वजन कम होना और बच्चों की ग्रोथ कम होना इन सब लक्ष्णों से हम टीबी के मरीज को सस्पेक्ट करते हैं और सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र पर कोई भी सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र हो दो हफ्ते से ज्यादा किसी को भी खांसी आ रही हो उसको आप भेज सकते हैं टीबी की जांच के लिए टीबी की जांच होती है सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत पाकिस्तान की जनता के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध चाहता है और इसके लिए विश्वास का माहौल बनाना तथा आतंकवाद और दुश्मनी से दूर रहना आवश्यक है

श्री मोदी ने कोविड महामारी की चुनौती से निपटने के लिए पाकिस्तान के लोगों और श्री इमरान खान को शुभकामनाएं भी दी थीं

एजेंसी का कहना है कि कोरोना वायरस नियंत्रण के बेहतर प्रबंधन और वित्तीय उदारता के उपायों से आर्थिक वृद्धि की संभावना बनी है वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अपने ताजा अनुमानों में फिच ने आशा व्यक्त की है कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद कोरोना काल से पहले की स्थिति से नीचे ही रहेगा

दिशा निर्देशों में मुख्य रूप से कोरोना संक्रमण का फैलने से रोकने में महत्वपूर्ण उपलब्धि को और मजबूत करने पर ध्यान दिया गया है करीब पांच महीने से कोविड मरीजों की संख्या में निरंतर गिरावट से यह स्पष्ट हुआ है कि वायरस को फैलने से रोकने में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है देश के कुछ भागों म कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने के मद्देनजर राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों को जांच निगरानी और उपचार की प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने का अधिकार दिया गया है कई राज्यों में कोविड के मरीज लगातार बढ रहे हैं

स्वास्थ्य मंत्रालय में अपर सचिव ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को पत्र लिखा है इसमें होली शब ए बारात बिहू ईस्टर और ईद उल फित्र के दौरान बडी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने को कहा गया है अपर सचिव आरती आहजा ने कहा कि इस समय कोई भी कोताही नहीं बरती जानी चाहिए उन्होंने कहा कि कोविड महामारी को फैलने से रोकने के लिए विभिन्न मानक संचालन प्रक्रियाओं का कडाई से पालन न करने पर अब तक की उपलब्धि पर पानी फिर सकता है

कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक में टीकाकरण अनुमोदन किया गया बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी पात्र लोगों से तुरंत पंजीकरण कराने और टीका लगवाने का अनुरोध किया है भारत ने कोविड महामारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान में महत्वपूर्ण प्रगति की है

सरकार ने कहा है कि कोविड शील्ड वैक्सीन के दो डोज के बीच चार से छह सप्ताह का मौजूदा अंतराल बढ़ाकर चार से आठ सप्ताह कर दिया गया है यदि वैक्सीन का दूसरा टीका छह से आठ सप्ताह के अंदर लिया जाता है तो अधिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी लेकिन दूसरी डोज लेने में आठ सप्ताह से अधिक की देरी नहीं होनी चाहिए दिल्ली प्रशासन ने कोविड के बढते मामलों के कारण होली शब ए बरात और नवरात्री सहित अन्य त्यौहारों के सार्वजनिक स्थलों पर मनाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस सहित अन्य एजेंसियों को निर्देश दिया है कि आगामी त्यौहारों के दौरान सार्वजनिक स्थानों बाजार और धार्मिक स्थलों पर भीड एकत्र न होने दं दिल्ली सरकार ने अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए कल आरटीपीसीआर जांच कराने के निर्देश दिये हैं यह आदेश हवाई अड्डों रेलवे स्टेशनों और अन्तर्राष्ट्रीय बस अड्डों पर लागू होगा

श्री मोदी ने एक टवीट में कहा कि मन की बात कार्यक्रम देशभर से लोगों के विचारों रोचक विषयों और प्रेरक जीवन यात्राओं को उजागर करन का अवसर देता है प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया लोग नमो ऐप या माई जी ओ वी ओपन मंच में अपने विचार साझा कर सकते हैं